प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम लागू कर नबे हजार करोड़ रुपये के फर्जी पेंशन घोटाले का किया भंडाफोड

लोकसभा ने कल मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक दो हजार अट्ठारह को कुछ विपक्षी सदस्यों के संशोधन प्रस्तावों को रद्द करके मंजूरी दे दी दो सौ पैंतालिस सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में मतदान किया जबकि ग्यारह वोट इसके विरोध में पड़े इस विधेयक में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर तुरंत तलाक देने को अमान्य और अवैध करार दिया गया है इसमें इस तरह से वैवाहिक संबंध तोड़ने को दंडनीय अपराध घोषित करने तथा इसके लिए तीन साल के कारावास का भी प्रावधान किया गया है यह विधेयक दो हजार अट्ठारह में लागू किये गये मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इसे किसी धर्म को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है बल्कि इसका उद्देश्य महिलाओं को न्याय दिलाना है आज के इस बिल का तात्पर्य न किसी जमात के खिलाफ है न किसी आस्था के खिलाफ है न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है

आज का बिल इस देश की अपनी जो बहनें हैं उनकी गरिमा उनकी समानता और उनको न्याय देने का बिल है इससे पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और संवैधानिक मुद्दा होने के कारण इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है बहस में भाग लेते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक को यह कहते हुए खत्म किये जाने की मांग की कि इससे एक सामाजिक ब्राई दुर होगी सुचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने संसद से बाहर संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि लोकसभा में तीन तलाक संबंधी विघेयक का पारित होना भारत की मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और उनकी गरिमा के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है उन्होंने कहा कि यह कानून महिला सशक्तीकरण की दिशा में मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कार्यक्रम लागू करके नब्बे हजार करोड़ रुपये के दशकों से चले आ रहे फर्जी पेंशन घोटाले का भंडाफोड़ किया है

पंजाब चुनाव से पहले पता नहीं कितने कितने वादे किए थे कर्ज माफी को अब तक पंजाब के किसानों को कुछ नहीं दिया गया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए देश के जवान की आंख में धूल झांको चुनाव जीतने के लिए देश के किसान की पीठ पर छुरा घोंपो ये खेल कब तक चलता रहेगा और इसी लिए भाईयों बहनों सच्चाई की धार पर प्रदेश चलना चाहिए श्री मोदी कल हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर कांगड़ा जिले के धर्मशाला में जन आभार रैली को संबोधित कर रहे थे

हैंडबुक में पूरे देश की विभिन्न मीडिया इकाइयों और मंत्रालय में काम कर रहे साढ़े सात सौ से ज्यादा अधिकारियों की विस्तृत जानकारी है इस अवसर पर अधिकारियों को संबोधित करते हुए श्री राठौड़ ने कहा कि इस हैंडबुक से न केवल अधिकारियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी बल्कि उनमें समन्वय स्थापित करने और कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाने में भी सहायता मिलेगी उन्होंने सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए मंत्रालय के कार्यो की प्रशंसा की मंत्रालय में सचिव अमित खरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर मौजूद थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निजी चैनल पर सचिवालय कर्मियों के विरूद्व दिखाई जाने वाली रिपोर्ट को गंभीरता से लिया है उन्होंने इस प्रकरण से संबंधित तीन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने तथा उनके विरूद्व वैधानिक कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने मामले की जांच के लिये एडीजी लखनऊ जोन राजीव कृष्ण की अध्यक्षता में एसआईटी के गठन के भी निर्देश दिये हैं उन्होंने एसआईटी को इस प्रकरण में सभी पक्षों का बयान दर्ज करने के साथ साथ दस दिनों के भीतर जांच पूरी करने के लिये कहा है

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गंगा के पानी की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय यमुना नदी का प्रवाह बढ़ाने पर काम कर रहा है

तो आज ये जो यमुना का पानी आने से सभी राज्यों को भी पानी मिलेगा किसानों को भी पानी मिलेगा

रैंकिंग के अंतर्गत इस वर्ष जून से अक्टूबर तक छह प्रमुख विकास क्षेत्रों में जिलों की प्रगति के ब्यौरे दिए गए हैं तमिलनाडु के विरूधनगर जिले में सभी क्षेत्रों में सबसे अधिक प्रगति हुई इसके बाद ओडिशा में नुआपाड़ा जिला उत्तर प्रदेश में सिद्वार्थनगर बिहार में औरगांवाद और ओड़िशा में कोरापुट जिले का स्थान रहा इन जिलों ने सामाजिक प्रगति के बुनियादी मानको के तहत विकास के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य किया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा कौशल विकास और बुनियादी ढांचा सहित विभिन्न पैमानों पर प्रदर्शन के आधार पर जिलों की पारदर्शी तरीके से रैंकिंग की गई है

प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने कल झारखंड की राज्यपाल सुश्री द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री रघुबरदास से भेंट कर उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रयागराज में पन्द्रह जनवरी से चार मार्च दो हजार उन्नीस तक लगने वाले कुंभ में आने का आमंत्रण पत्र सौंप ग्रामीण विकास और चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर महेन्द्र सिंह ने भी कल ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बीडी मिश्रा से मुलाकात कर राज्य के प्रयागराज में होने वाले कृंभ मेला दो हजार उन्लीस में आने के लिए उन्हें आमंत्रित किया

कई स्थानों पर तापमान शून्य डिग्री के आसपास है मुजफ्फरनगर में कल न्यूनतम तापमान शृन्य दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया बीते एक सप्ताह से जिले में न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिन्दु के निकट चल रहा है उधर पूर्वाचल के कई जिले भी ठंड की चपेट में हैं इस बीच घने कोहरे की वजह से रेलवे ने प्रदेश से होकर गुजरने वाली ग्यारह और ट्रेनों को रद्द कर दिया है दो अन्य ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द किया गया है जबकि छह ट्रेनों के फेरों में कमी की गई है